और पटना के दानापुर में आज से शुरू हो रही है सेना भर्ती रैली

राज्य में बाढ़ से हुये नुकसान का जायजा लेने आयी केंद्रीय टीम ने माना है कि बिहार में भारी नुकसान हुआ है गृह मंत्रालय के एनडीएमए के संयुक्त सचिव रमेश कुमार के नेतृत्व में बिहार दौरे पर आयी सात सदस्यीय केंद्रीय टीम ने यह भी कहा कि नुकसान की तुलना में बिहार ने कम सहायता राशि मांगी है सीतामढ़ी दरभंगा और मध्बनी में बाढ़ से हये न्कसान का जायजा लेने के बाद केंद्रीय टीम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर नुकसान से संबंधित कुछ और आंकड़ों की मांग की साथ ही प्रखंडवार फसल क्षति का ब्यौरा देने को कहा यह जानकारी देते हुये आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि संशोधित आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार को नये सिरे से ज्ञापन दिया जायेगा गौरतलब है कि बिहार सरकार ने बाढ़ से हुये नुकसान को लेकर केंद्र सरकार से सत्ताईस सौ करोड़ रूपये की सहायता राशि मांगी है गोपालगंज में ठेकेदार रामाशंकर सिंह को कथित तौर पर जलाकर मार डालने के मामले में फरार चल रहे जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मुरलीधर सिंह समेत तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है निलंबित होने वाले अन्य इंजीनियरों में अधीक्षण अभियंता जितेंद्र सिंह और कार्यपालक अभियंता सत्येन्द्र कुमार शामिल हैं इस बीच आज मुख्य अभियंता के पैतुक गांव रोहतास के नासरीगंज थाना के वीरभान कैथी में कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की जायेगी एसआईटी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी कर रही है नेपाल के रास्ते आतंकियों के देश में घूसने की आशंका के मद्देनजर राज्य के मूजफ्फरपूर जंक्शन सहित सोनपूर और समस्तीपूर रेल मंडल के सभी स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है स्टेशनों के साथ ही ट्रेनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गयी है ये जानकारी देते हुये सोनपुर रेल मंडल के डीसीएम चंद्रशेखर स्नेही ने बताया कि इस संबंध में मिली ख़्फिया रिपोर्ट के बाद नेपाल सीमा से आने वाली ट्रेनों को लेकर मंडल की सभी स्टेशनों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गयी है जीआरपी की ओर से रेलवे प्लेटफार्म और ट्रेनों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार आज से फिर पहले की तरह मामलों की सुनवाई करेंगे हाई कोर्ट ने उनके कार्य करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई के हस्तक्षेप के बाद पटना उच्च न्यायालय में जारी विवाद सुलझा लिया गया निचली अदालतों में फैले भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर आदेश देने के बाद पटना उच्च न्यायालय के ग्यारह सदस्यीय विशेष पीठ ने उनसे सभी तरह के न्यायिक कार्य वापस ले लिये थे केन्द्रीय सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने देश के करीब चार सौ रेलवें स्टेशनों पर मिट्टी के क्ल्हड़ में चाय परोसने के निर्णय की घोषणा की है इसका उद्देश्य पारंपरिक लघु उद्योग को बढावा देना है श्री गडकरी सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान और स्वयं फॉउडेशन नागपुर द्वारा आयोजित स्वयं रोजगार प्ररेणा अभियान को संबोधित कर रहे थे श्री गडकरी ने ये भी कहा कि सरकार ने ध्रपबत्ती की आयात डीयूटी तीस प्रतिशत बढाने का निर्णय लिया है इससे घरेलू उत्पादों को लाभ होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि किसान धान पर निर्भर न रहे बल्कि बदलते मौसम के अनुरूप फसलों की बुआई करें तो सूखे से होने वाले नुकसान में कमी आयेगी मुख्यमंत्री ने गया में सूखाड़ और पितृपक्ष मेला को लेकर हुयी समीक्षा बैठक में राज्य के कई हिस्से में सूखे की स्थिति से उत्पन्न समस्या का समाधान पेश करते हुये ये बाते कहीं उन्होंने कहा कि बदलते मौसम में किसानों को वैकल्पिक फसल की खेती करने के लिए प्रेरित किये जाने की जरूरत है इसके लिये उन्होंने कृषि सचिव को फसल चक्र का प्रस्ताव लाने का निर्देश देते हुये कहा कि किस जिले में किस फसल की बुआई उपयुक्त होगी इसका अध्ययन करें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को मदद करने के लिये पंचायतों से रिपोर्ट मांगी है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि आयोध्या मामले में पूख्ता साक्ष्य होने के कारण वे कानूनी लड़ाई जीतने को लेकर आश्वस्त हैं पटना में भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुये उन्होंने पंद्रह सौ केंद्रीय कानूनों को रद्द करने अनुच्छेद तीन सौ सत्तर को लेकर कार्रवाई चारा घोटाला और तीन तलाक मामले का जिक्र किया उन्होंने कहा कि हम संविधान निर्माताओं की मूल भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं चन्द्रयान टू को इसके आर्बिटर ने चन्द्रमा के नजदीक पांचवीं और अन्तिम कक्षा में सफलता पूर्वक पहुंचा दिया है अंतिम कक्षा में प्रवेश के दौरान अंतरिक्ष यान के सभी मानक सामान्य रहे आर्बिटर अगले एक साल से अधिक समय तक चन्द्रमा का चक्कर लगाते हुये महत्वपूर्ण जानकारियां भेजता रहेगा अब इसरो के वैज्ञानिक लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ले जाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे सात सितंबर को ये चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान टू की चंद्रमा की सतह पर ऐतिहासिक लैंडिंग को देखने के लिए राज्य के दो छात्र नवादा की सौम्या कुमारी और हर्ष प्रकाश का चयन किया गया है सात सिंतबर को यें दोनो एतिहासिक पल का गवाह बनने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ बैंगलुरु के इसरो मुख्यालय पर देश भर के साठ विधार्थियों के साथ मौजूद होंगे आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए पांच करोड़ पैंसठ लाख से अधिक करदाताओं ने आयकर रिटर्न जमा किए हैं यह संख्या पिछले वर्ष की तुलना में चार प्रतिशत अधिक है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार आकलन वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस के लिए पांच करोड़ बयालीस लाख आयकर रिटर्न भरी गई थीं बोर्ड ने एक वक्तव्य में बताया कि आकलन वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए इकतीस अगस्त को ही ऑनलाइन उनचास लाख उनतीस हजार लोगों ने आयकर रिटर्न भरीं जो अब तक एक दिन की सर्वाधिक संख्या है पटना के दानापुर में आज से सेना भर्ती रैली शुरू हो रही है चौदह दिनों तक चलने वाली इस रैली के दौरान पटना सिवान भोजप्र वैशाली सारण गोपालगंज और बक्सर जिले में अलग अलग दिनों में सेना भर्ती दौड़ का आयोजन किया जायेगा विभिन्न पदों के लिये आयोजित इस रैली में संबंधित जिलों के युवक भाग लेंगे बिहार और झारखण्ड सैन्य मुख्यालय के भर्ती के उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस एच जग्गी ने एक संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दी हरितालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व आज राज्यभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है सुहागिन महिलायें अखण्ड सौभाग्य के लिये तीज व्रत कर भगवान शिव और पार्वती की अराधना कर रही हैं तीज को लेकर बाजारों में भी चहल पहल है आज ही गणेश चतुर्थी भी है श्रद्धालु विभिन्न पंडालों और घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं जेईई मेन परीक्षा दो हजार बीस के लिए छात्र आज से आॉनलाइन आवेदन भर सकते हैं परीक्षा अगले वर्ष जनवरी में होगी आवेदन भरने की प्रक्रिया तीस सिंतबर तक चलेगी ऑनलाइन आवेदन से लेकर परीक्षा आयोजन और परिणाम घोषित करने की सभी प्रक्रिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए आयोजित कर रही है हरियाणा के रोहतक में खेली गयी बारहवीं राष्ट्रीय ग्रैपलिंक प्रतियोगिता में बिहार की टीम तैंतालीस पदक के साथ उप विजेता रही पटना में संपन्न ग्यारहवीं राज्य साइकिलिंग चैंपियनशिप के सीनियर जूनियर और सब जूनियर वर्ग में पूर्णिया ओवऑल चैंपियन बना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है कांग्रेस ने आर्थिक सुस्ती पर केंद्र सरकार को घेरा दैनिक जागरण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है न बैंक बंद होंगे न जायेगी नौकरी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है धान पर न रहे निर्भर मौसम के अनुसार फसल लगायें

और पटना के दानापुर में आज से शुरू हो रही है सेना भर्ती रैली